सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज सोलन नगर निगम में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विभिन्न वार्डो में प्रचार करेंगे जयराम ठाक्र सोलन के ब्र्री आदर्श नगर जौणाजी और आंजी सहित अन्य स्थानों पर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं करेंगे केन्द्र निर्देश केंद्र ने उन राज्यों से तत्काल व प्रभावी उपाय करने और मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है जहां से कोविड के मामलों में वृद्धि और इनसे होने वाली मौतों के मामले दर्ज किए जा रहे हैं इस सम्बंध में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिवों के साथ कल एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे लगातार कोविड नमूनों के परीक्षण बढ़ाएं ताकि संक्रमण पांच प्रतिशत या उससे नीचे रहे इसके अलावा आरटी पीसीआर परीक्षणों को सुनिश्चित बनाए संक्रमण की शृंखला को तोड़ने के लिए कन्टेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की भी सलाह दी गई है पर्याप्त वैक्सीन की खुराक सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ तालमेल स्थापित करने को भी कहा गया है कोविड प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है फिलहाल लॉकडाउन नहीं चुनाव के बाद भीड़ पर लग सकती है पाबंदी

हिमाचल दस्तक ने लिखा है अब हर रोज लगेगी वैक्सीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है कोविड संकट के बावजूद राजस्व संग्रह तीन प्रतिशत बढ़ा अमर उजाला का शीर्षक है पिछले साल के मुकाबले तीन प्रतिशत बढ़ा राजस्व संग्रह

दिव्य हिमाचल के मुताबिक वेतन आयोग की रिपोर्ट में देरी ने बढ़ाई धुकधुकी हिमाचली कर्मचारियों को नए वेतनमान के लिए इंतजार बढ़ा